राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है कल केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने ई सिगरेट के उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर अध्यादेश को स्वीकृति दी थी इस मामले पर गठित मंत्री समूह की अध्यक्ष वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि मंत्रिमण्डल ने ई सिगरेट और इस तरह के अन्य उत्पाद जो विशेषकर युवाओं के लिए हानिकारक हैं उनपर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है यह निर्णय युवाओं पर ई सिगरेट के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए लिया गया है अमरीका में इसके दुष्प्रभावों के आंकड़े हमे बड़ी संख्या में मिले हैं

यह चौंकाने वाली बात है कि कम उम्र के स्कूली बच्चे भी ई सिगरेट का सेवन कर रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव का शिकार हो रहे हैं उन्होंने कहा कि इस मामले में संसद के अगले सत्र में विधेयक लाया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया कि अब ई सिगरेट का उत्पादन आयात निर्यात लाने ले जाने बिक्री और उसका विज्ञापन संज्ञेय अपराध होगा पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक साल की कैद तथा एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है अपराध को दोहराने पर तीन साल की जेल और पांच लाख रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है ई सिगरेट का भंडारण करने वालों को छह महीने की जेल की सजा या पचास हजार रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की तस्वीर बदली है और काम की बदौलत जनता का विश्वास हासिल किया है उन्होंने कहा कि सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के लागू कर रही है

उन्होंने कहा कि आज केन्द्र सरकार की कई योजनाओं को लागू करने में राज्य पहले स्थान पर आ गया है अब प्रदेश को दस खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने पर काम चल रहा है

और ब्यौरा हमारे संवाददाता से सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई तब किसानों की हालत बेहद खराब थी लेकिन पहले ही फैसले में उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया और उनकी आय को दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं में तेजी से विकास हो रहा है

आगामी दषों में इसमें बीस से पच्चीस हजार करोड़ रूपये से अधिकतम निदेश होने की सम्भावना है और भारी मात्रा में इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार की सम्भावनायें हैं प्रदेश के अंदर बनेंगे इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिस कार्य के लिये उत्तर प्रदेश काफी सम्वृद्ध था यहां पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिये एमएसएमआई सेक्टर के लिये इसमें प्रदेश में वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट की अपनी योजना को भी प्रदेश के अन्दर लागू की जो देश की एक अलग ही यूनिक योजना थी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिये कई योजनाएं लागू की हैं

बंद पड़े चीनी मिलों को चलाने की कार्यवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ती गई है और शुगर कोन से सीधे एथनॉल बनाये जा सके इस कार्यवाई को भी पहली बार प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अपनी मंजूरी दी है जो किसानों के जीवन में व्यापक खुशहाली का आधार बनेगा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के चलते मस्तिष्क ज्वर से मौतों में कमी आई है मस्तिष्क ज्वर जिससे पिछले चालीस वर्षो से हजारों मौते उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही थीं

जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की सर्वाधिक भूमिका रही है केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन के क्षत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है श्री जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में कहा कि देश ने श्री मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में कई उपाय किये हैं उन्होंने कहा कि विश्व न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में श्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक हैं

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज बंगलूरू से स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी रक्षामंत्री ने कहा कि इस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान को उच्चकोटि की दक्षता हासिल है

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब तेजस निर्यात भी कर सकता है हमें अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर एचएएल के ऊपर आडा एरोनॉटिकल डेवलेपमेंट जो हमारी एजेंसी है जिसने इसका डिजाइन बनाया है और एचएएल डीआरडीओ ये सब सारे जितने भी आर्गेनाइजेशन्स है मैं सबको कन्ग्रैचलैट करना चाहता हूं आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुंच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आमंच और एम्युनिशन्स भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं वैसे एक्सपोर्ट करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है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

प्रदेश के विभिन्न भागों में रूक रूककर हो रही वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में अधिकांश नदियां ऊफान पर है गंगा यमुना और बेतवा सहित अन्य नदियों के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से हजारों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है और कई दर्जन गांव जलमग्न हो गये हैं लोग बाढ़ के कारण सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं प्रयागराज में नैनी और फाफामऊ तथा आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बाढ़ में फसे लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाने के लिये प्रशासन ने पचास से अधिक नावों को लगाया है हमीरपुर में बेतवा और यमुना का जलस्तर बढने के कारण तटवर्ती एक सौ पचास गांव को अलर्ट कर दिया गया है कई स्थानों पर जल भराव के कारण जनपद मुख्यालय से सड़क सम्पर्क टूट गया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों को तीन दिन के लिये बंद कर दिया गया है चित्रकूट में मऊ और राजापुर तहसीलों के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है फसलों को काफी नुकसान हुआ है जालौन जनपद में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा राहत सामग्री वितरित की जा रही है कानपुर देहात जनपद में दर्जनों गांव पानी से धिर गये हैं और सम्पर्क मार्ग जलमग्न हो गये हैं